राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह भयानक नरसंहार सभ्यता पर कलंक है और इसे भारत कभी भुला नहीं पाएगा उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की श्री नायडू ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इन शहीदों का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुद्रढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके प्रदेश में भी जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है इसी हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई इसी के बाद देश को ऊधम सिंह जैसा क्रांतिकारी मिला और भगत सिंह समेत कई युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ गई

इसके लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है इस संबंध में एसएसपी जन्मेजय खंड्री ने ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रीफिंग की

शुक्रवार देर रात चुनाव आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी किये

यह आंकड़ा पर्वतीय प्रदेश के द्रस्थ क्षेत्रों से डाटा इकट्टा करने के बाद जारी किया गया है पिछले आम चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में थोड़ी गिरावट आयी है

इस साल सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट पर हुआ है

यहां पर पूर्णागिरि का मेला चल रहा है मेले के दौरान चैत्र नवरात्र पड़ने से प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश दिल्ली पंजाब राजस्थान के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से लाखों की संख्या में श्रद्वालु देवी के दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं मान्यता है कि चम्पावत जिले के पूर्णा पर्वत पर देवी सती की नाभि गिरी थी इसी के चलते यहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई

कई लोग यह त्योहार कल मनाएंगे यह दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्म दिवस का प्रतीक है नवरात्र में मां दर्गा के विभिन्न स्वरूप की प्रजा अर्चना तप और उपवास कर रहे लोगों ने कन्या पूजन किया और उन्हें प्रसाद खिलाया आज राज्य के तमाम छोटे बड़े मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ रही देहरादून स्थित प्राचीन सिद्वपीठ माता बाला सुन्दरी मंदिर के पुजारी अशोक पाण्डे ने बताया कि इस बार बारह बजे तक अष्टमी और दो बजे दोपहर से नवमी की पूजा की जायेगी यह काफी अच्छा योग है ऐसे में दान पुण्य फलदायी होता है श्रद्वालुओं का कहना है कि नवरात्रों के व्रत करने से मन को शांति मिलती है और घर परिवार में प्यार बना रहता है शक्ति के प्रतीक नवरात्र में माता की विशेष पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूरी होती है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को राम नवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

राज्यपाल ने राजभवन में आमंत्रित कन्याओं का प्रजन कर उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा इस अवसर पर राज्यपाल ने बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराया उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का कितना बड़ा महत्व है यह हमें दुर्गा पूजन से पता चलता है राज्यपाल ने सपरिवार पारम्परिक विधि विधान से कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी वितरित किए

मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी करते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही रोकने समेत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं

कुछ पर्वतीय इलाकों में बेहद हल्की बारिश भी हो सकती है